प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार की निगरानी के लिये सीओ लैवल का प्रलिस अधिकारी नियुक्त किया जायेगा नया पद किया जायेगा सुजित

थानागाजी सामूहिक दुष्कर्म मामले की जांच केस ऑफिसर स्कीम के तहत की जायेगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज जयपुर में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में ये जानकारी दी उन्होंने कहा ँकि ये एक बहुत ही गंभीर घटना है जिसके लिये सरकार संवेदनशील है और इस मामले में दोषियों को नहीं बख्शा जायेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं पर अत्याचार की निगरानी के लिये सीओ लैवल का पुलिस अधिकारी नियुक्त किया जायेगा इसके लिये नया पद सूजित किया जायेगा हर जिले में ऐसा अधिकारी नियुक्त किया जायेगा जो महिलाओं पर होने वाले सभी अत्याचारों और उन मामलों में की गई कार्रवाई की निगरानी करेगा श्री गहलोत ने कहा कि अब थाने में पहुंचने वाले पीडि़त की एफआईआर हर हाल में दर्ज की जायेगी यदि थाने में एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो ये एफआईआर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दर्ज की जा सकेगी साथ ही संबंधित पुलिस थाने से भी यह पूछा जायेगा कि पीडित की एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई और इस मामले में थानेदार के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अपराधों की संख्या में कमी लाने के लिये सरकार लगातार प्रयास कर रही है इसी संबंध में यह सभी निर्णय लिये गये है थानागाजी सामूहिक दुष्कर्म मामले में सभी पांचों आरोपी पकडे गये है मुख्य आरोपी छोटेलाल गुर्जर को पुलिस ने कल सीकर के अजीतगढ स्थित अजमेरी गांव से गिरफ्तार किया पुलिस महानिदेशक कपिल गर्ग ने बताया कि प्रकरण में जल्द ही इनके खिलाफ चालान पेश किया जायेगा

तत्कालीन पुलिस अधीक्षक राजीव पचार को मामर्ल में लापरवाही के चलते एपीओ कर दिया गया था सरकार ने मामले की प्रशासनिक जांच कराने का भी निर्णय किया है यह जांच जयपुर के संभागीय आयुक्त करेंगे संभागीय आयुक्त को दो बिन्द्रओं पर जांच करने के निर्देश दिये है इस बीच अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष एस मुरगन पीडिता के परिवार से हालात की जानकारी लेने के लिये अलवर पहुंचे है उन्होंने कहा कि पीडिता से जानकारी लेने के बाद पुलिस अधिकारियों से भी ब्यौरा लिया जायेगा लोकसभा चुनाव के छठे चरण का प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा इस चरण में सात राज्यों के उनसठ निर्वाचन क्षेत्रों में रविवार को वोट डाले जाएंगे उत्तर प्रदेश की चौदह हरियाणा की दस पश्चिम बंगाल बिहार और मध्यप्रदेश की आठ आठ दिल्ली की सात और झारखंड की चार सीटों के लिए मतदान होगा विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता रैलियां और रोडशो कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में आज तड़के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया मुठभेड़ उस समय हुई जब अमशीपोरा रामनगरी क्षेत्र में गश्त कर रही सुरक्षा बलों की एक ट्कड़ी ने जंगल में कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखीं सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को चुनौती दी राज्य पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने आकाशवार्णी को बताया कि मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार और गोलाबारूद बरामद किया गया है

शीर्ष अदालत के पुर्व न्यायाधीश एफ एम कलीफुल्ला की अध्यक्षता वाली मध्यस्थता समिति ने आज सीलबंद लिफाफे में मध्यस्थता प्रक्रिया से संबंधित अंतरिम रिपोर्ट मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली संविधान पीठ को सौंपी

गौरतलब है कि इस मामले में न्यायालय ने मध्यस्थता के लिए एक समिति गठित की है जिसमें न्यायमूर्ति कलीफ़ल्ला के अलावा श्री श्री रविशंकर और वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीराम पंचालू शामिल हैं

श्रीमती सिन्हा ने बताया कि इनमें से एक दल झालावाड़ अलवर भरतपुर और सवाई माधोपुर जिलों तथा दूसरा दल राजसमंद बांसवाड़ा और चित्तौडगढ़ जिलों की मण्डियों तथा समर्थन मूल्य खरीद के लियें स्थापित केन्द्रों पर दौरा कर गेहूं के नमूने लेगा उन्होंने बताया कि दोनों दलों को तुरन्त ही राज्य में पहंचने के निर्देश दिए गए है

मेले में राज्य में उत्पादित मसालों के अलावा तमिलनाडु केरल और पंजाब राज्यों के विशिष्ट मसाले उपलब्ध होंगे

बद्रीनाथ धाम के कपाट आज सुबह वैदिक मंत्रोच्चार के बीच खोल दिए गए

इससे पहले कल कैदारनाथ धाम के भी कपाट खोल दिये गये थे